उच्चतम न्यायालय ने लोन मोरेटोरियम मामले में सुनाया अपना फैसला कहा ब्याज को पूरी तरह माफ करना संभव नहीं कृतज्ञ राष्ट्र आज भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है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

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कोरोना के दौरान भारत की वैक्सीन कूटनीति के बारे में भी जानकारी दी

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जागरुकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

इस अभियान के तहत स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को साफ सफाई मध्याह्व भोजन तथा शौचालय प्रबंधन एवं स्वच्छता से संबंधित सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से जानकारी दी जाएगी झारखंड में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं

अब तक राज्य में एक हजार सनतानबे मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं वहीं प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव चार चार प्रतिशत हैं

न्यायमुर्ति डी वाई चन्द्रेचड एम आर शाह और संजीव खन्ना की पीठ ने ऋण स्थगन और ब्याज माफी के बारे में ये फैसला सुनाया उच्च्तम न्यायालय ने कहा कि वह सरकार या रिजर्व बैंक को किसी क्षेत्र विशेष या अन्य के लिए विशेष वित्तीय पैकेज या राहत घोषित करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकता शीर्ष न्यायालय ने कहा कि किसी भी कर्जदार से ऋण स्थगन के दौरान व्याज पर कोई व्याज या जुर्माना व्याज नहीं लिया जाना न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि महामारी के कारण सभी क्षेत्रों पर प्रतिकूल असर पडा है

को प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए वाहन व्यवस्था जैसे उपाय करने पडे जबकि सरकार को इस दौरान किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली यहां तक कि उसे जीएसटी का भी नुकसान उठाना पडा न्यायालय ने राहतों पर स्वतंत्र रूप से विचार किया

इस अधिनियम के तहत आने वाले विदेशी केन्द्र सरकार द्वारा नियमों को अधिसूचित किये जाने के बाद भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं

उन्होंने कहा कि राज्य गठन को बीस वर्ष से ज्यादा हो गए हैं और इस दौरान राज्य की आबादी काफी बढ़ी हैं ऐसे में राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या कम से कम एक सौ बीस होनी चाहिए ताकि राज्य और क्षेत्र का समुचित विकास और भी तेजी से हो सकें

जल संग्रह और जल प्रबंधन को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है

पुलिस ने उसे पुछताछ के लिए रिमांड पर लेकर बालमाथ थाना लाई थी आज सुबह शौच का बहाना बनाकर हाजत से बाहर निकला था इसी दौरान पुलिस को चकमा देकर वह फरार हो गया पलामू के डीआईजी आरके लकड़ा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस फरार उग्रवादी की गिरफ्तारी के लिए सघन छापामारी अभियान चला रही है बंगबंध् शेख मुजीब्रहमान को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाना भारत और बांग्लांदेश के बढते संबंधों को दर्शाता है

इस अवसर पर बांग्लातदेश के लोगों ने महान नेताओं महात्मा गांधी और बंगबंध को श्रद्वांजलि अर्पित की है

एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि लोहिया जी ने अपने प्रखर और प्रगतिशील विचारों से देश को दिशा देने का काम किया उन्होंने कहा कि राममनोहर लोहिया का योगदान देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा

उन्नीस सौ एकतीस में आज ही के दिन ब्रिटिश शासकों ने तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को सत्ता के विरुद्ध उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लाहौर में फांसी पर लटका दिया था उनकी याद में इस अवसर पर देशभर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग इन क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि स्वरूप आज दो फिल्म प्रदर्शित करेगा अंग्रेजी फिल्म भगत सिंह में बचपन से लेकर फांसी दिए जाने के दिन तक भगत सिंह की जीवनगाथा े दिखाया गया है महामृत्युंजय भगत नाम की दूसरी फिल्म भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक के रूप में भगत सिंह के योगदान पर रोशनी डालती है

प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म मरक्कर अरबिक्काडिलिनते सिम्हम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है अभिनेता मनोज वाजपेयी को हिन्दी फिल्म भोंसले और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जायेगा कंगना रणौत को मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और फिल्म पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है